समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट संदीप चौधरी को अर्जुन अवॉर्ड प्रदान किया गया समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा इससे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस पर उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश के जरिये मेजर ध्यानचंद को श्रद्वांजलि दी नई दिल्ली में आज सुबह ध्यानचंद स्टेडियम में खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित की इस मौके पर श्री रिजीजू ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है खेल दिवस के मौके पर आज अलवर में दौड़ का आयोजन किया गया श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने दौड़ को इंदिरा गांधी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं दौसा में राजेश पायलट स्टेडियम में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का सम्मान किया गया समारोह के मुख्य अतिथि विधायक मुरारी लाल मीणा थे

गृह मंत्रालय के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए पद्म पुरस्कार पोर्टल पर केवल ऑनलाइन नामांकन स्वीकार किए जा रहे हैं पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री पद्मभूषण और पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं

उधर अलवर जिले के भिवाड़ी और तिजारा में कोरोना संकमण को देखते हुए प्रशासन ने प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण बंद के आदेश जारी किए हैं

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक में लिए गए निर्णय का आज अनुमोदन भी हो गया बैठक में बांधों के जल स्तर की समीक्षा की गई इसके बाद राज्यों की मांग के अनुसार पानी की मात्रा का निर्धारण किया गया प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से बारिश का दौर बना हुआ है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा यह कार्यकम प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध रहेगा